कार्यक्रम में म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर से वर्च्अली शामिल हए इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंहए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाक्रए नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरियाए इंदौर सांसद शंकर लालवानीए विधायक त्लसीराम सिलावट मौजूद रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के काम की गति और ग्णवत्ता में स्धार के लिए वैकल्पिक और नवीन निर्माण टेक्नोलॉजी को अपनाने के महत्व की परिकल्पना की गई है इंदौर में लाइट हाउस परियोजना का निर्माण पूर्व निर्मित सैंडविच पैनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लागू किया जाना प्रस्तावित है

सीधी के जिला शिक्षा केन्द्र परियोजना समन्वयक नवीन पराड़कर ने इसकी जानकारी देते हए बताया कि उन्होंने समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक तथा प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि इसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों तक पहंचाएं तथा इससे बच्चों को लाभान्वित करने के लिए इसका व्यापक प्रसार किया जाए

इसी के साथ लोग नए साल के पहले दिन की श्रुआत भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं राजधानी भोपाल के मंदिरों में सुबह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है नए साल के अवसर पर मंदिरों में विशेष प्जा अर्चना की गई और भगवान का श्रृंगार किया गया इसके अलावा उज्जैन के महाकाल मंदिर और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर सहित प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों पर लोगों का आना जारी है बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भी लोग बड़ी संख्या में पहँच रहे हैं नववर्ष पर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश वासियों को नववर्ष की बधाई है

राज्य में संक्रमित रोगियों की दर कम और स्वस्थ होने की दर अधिक है

इनमें से तीन फीसदी नए संक्रमण मिले हैं